मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में चौदह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी गई मंजूरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अगले वर्ष तक कारोबारी सुगमता की सुची में दृनिया के शीर्ष पचास देशों में शामिल होने का लक्ष्य रखा है कल गुजरात के गांधीनगर में एक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व बैंक की कारोबारी सुगमता की सूची में भारत ने पैंसठ पायदान की छलांग लगाई है प्रधानमंत्री ने कहा कि वस्तु और सेवा कर लागू होने तथा कर प्रणाली को सरल और समेकित करने के प्रयासों से लेन देन की लागत कम हुई है और प्रक्रियाएं भी अधिक सुचारु हो गई हैं श्री मोदी ने कहा कि व्यापारिक गतिविधियों को और कुराल बनाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है सरकारी खरीद में सूचना टेक्नॉलोजी आधारित लेन देन और डिजिटल भुगतान इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं विभिन्न देशों के राजनीतिक और व्यापारिक प्रमुखों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने कारोबार में सरकारी हस्तक्षेप को कम से कम किया है और कारोबारियों के लिए सुविधाए बढ़ाई हैं श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और ढांचागत सुधार किए हैं जिससे भारत और उसकी अर्थव्यवस्था की ताकत बढ़ी है उन्होंने कहा कि इन कदमों से विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी वैश्विक वित्तीय संस्थाओं के साथ साथ मूडीज जैसी एजेंसियों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा बढ़ा है सम्मेलन में विभिन्न देशों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और व्यापारिक जगत के प्रमुखों ने उच्च विकास दर और विकास के बारे में भारत के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं किसी भी देश की सफलता और सुशासन प्रणाली की रीढ़ हैं ये कल नई दिल्ली में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की दो दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी में बोल रहे थे श्री तोमर ने कहा कि इन संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी गांव के विकास के लिए महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में चौदह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हए सरकारी प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा कि एक सौ तीनवें संविधान संशोधन के माध्यम से सरकारी नौकरियों तथा रैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से पिछड़े हए सवर्णो को दस प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान केन्द्र सरकार के द्वारा लाया गया है तथा इस सन्दर्भ में केन्दीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है प्रदेश सरकार ने भी केन्द्र सरकार के आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णो के लिये उपरोक्त आरक्षण को यथावत लागू करने का निर्णय लिया है एक अन्य निर्णय में मंत्रिमंडल ने एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना को मंजूरी प्रदान की इसके तहत चिन्हित उत्पादों को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने तथा ई मार्केटिंग के जरिये उसके विपणन को प्रोत्साहन देने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है इसके अन्तर्गत प्रदेश में प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में तथा विदेशों में आयोजित होने वाले मेला और प्रदर्शनियों में चिहिन्त उत्पादों के विपणन के सन्दर्भ में यह सहायता राशि प्रदान की जायेगी प्रवक्ता ने बताया कि चित्रकूट में आयोजित होने वाला रामायण मेला अब जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया जायेगा तथा इस पर होने वाला व्यय प्रदेश सरकार वहन करेगी मंत्रिमंडल ने अपने एक अन्य फैसले में मुगलसराय तहसील का नाम बदलकर पंडिल दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली उन्नीस सौ पचहत्तर के प्रथम प्रविष्टि में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई जिसके तहत अब एक करोड़ रूपये तक के खर्चे के व्यय की सहमति विभागीय मंत्री द्वारा प्रदान किया जायेगा पहले यह सीमा केवल पच्चीस लाख रूपये तक की थी

केन्द्र सरकार की यह कल्याणकारी योजना सात अगस्त दो हजार सोलह को शुरू हुई थी इस योजना का उद्देश्य नियोक्ताओं द्वारा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने को बढ़ावा देना है इस कार्यक्रम के तहत सरकार कर्मचारी भविष्यनिधि संगठन ईपीएफओ में पंजीकृत नये कर्मचारियों को तीन वर्ष तक कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी पेंशन योजना में नियोक्ताओं के बारह प्रतिशत अंशदान का पूर्ण भुगतान करती है ये सुक्रिया पन्द्रह हजार रुपए प्रतिमाह तक वेतन पाने वालों के लिए है प्रवर्तन निदेशालय ने उत्तर प्रदेश खनन घोटाला मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी बी चन्द्र कला और कुछ अन्य लोगों को कल सम्मन भेजा आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि अगले सप्ताह इन लोगों से पूछताछ की जाएगी और व्यौरा हमारे संवाददाता से सीबीआई की ओर से अवैध खनन मामले में दर्ज केस के मुताबिक तब हमीरपुर की जिलाधिकारी के तौर पर तैनात रही बी चन्द्रकला ने ई टेन्डर नीति के खिलाफ जाकर कई खनन पट्टे जारी किए कुछ दिन पहले सीबीआई ने चन्द्रकला के लखनऊ और नोएडा के घरों पर छापे मारकर दो बैंक खाते और एक लॉकर सील करने के साथ ही कुछ दस्तावेज भी बरामद किए थे उस दौरान कानपुर में समाजवादी पार्टी के विघानपरिषद सदस्य रमेश मिश्रा के घर पर भी छापे मारे गए थे

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन को पूरी तौर से भरोसेमंद बताया है उन्होंने कहा कि ईवीएम में बाहर से किसी भी तरह से प्रोग्रामिंग या छेड़छाड़ नहीं की जा सकती कल कानपुर नगर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मंडल के जिलाधिकारियों के साथ राष्ट्रीय मतदाता शिविर दो हजार उन्नीस और नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण के संबंध में समीक्षा बैठक की मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोगों की मांग और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ईवीएम में वीवी पैट की अतिरिक्त सुविधा जोड़ी गई है बैठक के दौरान श्री वेंकटेश्वर लू ने जिलाधिकारियों को वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के हर संभव प्रयास के निर्देश भी दिये प्रयागराज में कुंम मेले में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्वालु पहुंच रहे हैं हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुंम में सुक्विओं की सभी लोग सराहना कर रहे हैं साध् सन्यासियों का कहना है कि ये सचमुच दिव्य भव्य और स्वच्छ कुंग है आकाशवाणी से बातचीत में ऋषिकेश के बालक योगेश्वरनाथ ने कहा कि इस बार का कुंभ सराहनीय है और उन्होंने इससे पहले ऐसा कुंभ कभी नहीं देखा ये कुंभ वास्तव में सराहनीय है साध् संत महात्मा सभी ख्या हैं सरकार का ये जो इस तरीके का प्रयास और ऐसा जो महाकुंभ इस तरीका का इसका रूप दिया गया ऐसे कभी हम लोगों ने कभी नहीं देखा अपने जीवन में

वहीं निर्मोही अखाड़े के प्रमुख राजेन्द्र दास जी ने प्रशासन की सराहना की

अमिकरण ने पिछले महीने इन जगहों पर तलाशी के दौरान दस लोगों को गिरफ्तार किया था एनआईए ने लुधियाना में एक मस्जिद से मदरसा शिक्षक को हिरासत में लिया पंजाब पुलिस के साथ एनआईए के अधिकारियों ने मिलकर मधनी जामा मस्जिद पर छापा मारा और मोहम्मद ओवेस पाशा को हिरासत में लिया मस्जिद प्रमुख के अनुसार ओवेस रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश के रामपुर से आया था